गांधीजी की एक सौ पचासवीं जयंती के सिसिले में भारत ने यह कार्यक्रम आयोजित किया था श्री मोदी ने विश्व के अन्य नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर पार्क का उद्घाटन किया और एक स्मृति टिकट जारी किया प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मंच इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि गांधीजी भारत से तो थे लेकिन केवल भारत के नहीं थे उन्होंने कहा कि जो लोग कभी गांधीजी से मिले भी नहीं वे भी उनके जीवन से बहुत प्रभावित थे श्री मोदी ने कहा कि गांधीजी ने एक ऐसे समाज के निर्माण का संकलल्प लिया था जो सरकार पर निर्भर नहीं रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में उनकी सरकार ने जन भागीदारी को सबसे ऊपर रखा है चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या डिजिटल इंडिया अभियान अब लोग स्वयं इन अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बंगलादेश भूटान सिंगापुर जमैका और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सहित अनेक देशों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेटस फॉउनडेशन ने ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार से सम्मानित किया है श्री मोदी ने यह पुरस्कार उन भारतीयों को समर्पित किया जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को जन आदोलन में बदल दिया और अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जब एक सौ तीस करोड़ लोग शपथ लेते है तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल गुवाहाटी के पास बर्निहाट में बेंत और बांस प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि भारत का पचास प्रतिशत से अधिक बॉस इस क्षेत्र में पाया जाता है डॉक्टर सिंह ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं से विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए उनके घर में ही उगने वाले बांस का उपयोग करने को कहा जिससे उन्हें घर बैठे ही अपनी आजविका कमाने में मदद मिलेगी पूर्वोत्तर परिषद के सचिव राम मुइवा ने कहा कि बेंत और बांस प्रौद्योगिकी पार्क का सपना लंबे समय से प्रतीक्षित था जो आज साकार हो गया राजधानी ईटानगर में आज कचड़ा प्रबंधन और पर्यावरण विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई ईटानगर नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में राज्य के नगरीय योजना मंत्री कामलुंग मोसांग स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया इस अवसर पर सभी हितधारको को स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय सहभागिता के लिए शपथ दिलाई गई अपने संबोधन में श्री मोसांग ने कहा कि स्वच्छ और हरित प्रदेश बनाए रखने के लिए सरकार के साथ प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि दैनिक जीवन के आदतो में बदलाव लाकर हम अपने घर के साथ साथ आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रख सकते है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट के निकट गोबो गांव में किसानों के लिए रबर की बागवानी पर एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है इस तीन दिवसीय कार्यशाला में किसानों को रबर बोर्ड की अधिकारियों द्वारा कीट पतंगो से होने वाले नुकसान तथा इसे बचाव के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है रबर बोर्ड के अधिकारी अमर बोड़ो और सुम्मी दोये जामोह ने किसानों को रबर की खेती के व्यवसायिक पहलुओं के बारे में जानकारी दे रहे है प्रदेश पुलिस महा निदेशक आर पी उपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस विभाग को आधुनिक सुविधाओं के लेस करने में कोई कसन नहीं छोड़ रही है उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी और प्रतिष्ठा को बनाये रखने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए श्री उपाध्याय कल जिरो में लोअर सुबनसिरी जिला पुलिस द्वारा आयोजित एक संपर्क सभा को संबोधित करते हुए यह बात कहीं उन्होंने ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों को बुरी आदतो और अवैध गतिविधियों के खिलाफ संयम बरतने चाहिए जिरो लिटरेरी फेस्टिवल का द्रसरा संस्करण आगामी छब्बीस और सत्ताईस सितंबर को लोअर सुबनसिरी जिले के जिरो में सैन्ट क्लैरट कॉलेज में आयोजित किया जायेगा निशूल्क और ओपेन टू ऑल इस इवेंट का उद्देश्य इंटर कल्वरल एक्सचेंज संवाद और कौशन निर्माण को बढ़ावा देना है इस फेस्टिवल में लेखको कवियों फिल्म निर्माताओ कलाकारों कला प्रेमियों और कार्यकर्ताओ का एक उदार पैनल भी हिस्सा लेंगे